शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्र शुरू पहले दिन की जा रही है मां के शैलपुत्रि स्वरूप की पूजा प्रादेशिक समाचार एकांश की खास पेशकश अच्छी खबर में आज सुनिये उमरिया में स्कूल के लिये अपनी जमीन दान देने वाले शख्स पर विशेष रिपोर्ट

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जाएगा

प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है अमरीका यात्रा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक सप्ताह लम्बी सफल अमरीका यात्रा के बाद कल रात दिल्ली पहंचे हवाई अड्डे पर आम लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया श्री मोदी के स्वागत के लिए कई केन्द्रीय मंत्री भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी और भाजपा के कई सांसद भी उपस्थित थे

अपने भाषण के अंत में प्रधानमंत्री ने आज से शुरू हो रहे नवरात्र के शुभ आयोजन पर देशवासियों को बधाई भी दी

सरकार ने सातवीं बार समय सीमा बढ़ाई है केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सी बी डी टी ने इस आशय की अधिसूचना जारी की है आयकर से संबंधित कार्यों के लिए अब दो विशिष्ट पहचान अनिवार्य हैं पिछले वर्ष सितंबर में उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया था और व्यवस्था दी थी कि आयकर रिटर्न भरने तथा पैन कार्ड के लिए बायोमेट्रिक पहचान अनिवार्य बना रहेगा

सरकार ने गुना बैतूल बालाघाट मंडला मंदसौर राजगढ़ श्योपुर महेश्वर छतरपुर और सिंगरौली में मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी की है मंजूरी मिलते ही इनका काम शुरू हो जाएगा चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो ने बताया है कि खरगोन जिले के महेश्वर और मंडलेश्वर के बीच खरीया गांव में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी उन्होंने कहा कि चिकित्सकों की संख्या बढ़ने के साथ इससे क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा स्विधाएं भी मिलने लगेंगी

इस दौरान राज्य में भी नौ दिनों तक मां दूर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होगी पहले दिन कलश स्थापना के साथ मां के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाएगी इस दौरान विभिन्न स्थानों पर मां दुर्गा की प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएंगी

उधर खंडवा जिले में सुबह से ही देवी मंदिरों में दर्शन का सिलसिला शुरू हो गया है बड़ी संख्या में श्रद्दालु देवी मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिये कलेक्टर कार्यालय में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है वहीं कई स्थानों पर भारी बारिश की वजह से त्यौहार का उत्साह फीका पड़ता दिखाई दे रहा है दमोह में दुर्गा पाण्डालों में आज प्रतिमाओं की स्थापना होनी है लेकिन कई जगहों पर प्रतिमाएं पूरी तरह तैयार नहीं हो पाई हैं होशंगाबाद नरसिंहपुर जबलपुर देवास धार छिंदवाड़ा उज्जैन गुना अशोकनगर सागर शिवपुरी भिण्ड मुरैना और ग्वालियर से भी नवरात्र पर्व को लेकर समाचार मिले हैं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

इस बार अच्छी खबर में सुनिये एक ऐसे दानवीर की दास्तां जिन्होंने स्कूल खोलने के लिये अपनी लाखों की जमीन दान दे दी